प्रदेश के चार नगर निगमों के नवनिर्वाचित पार्षदों को दिलाई गई शपथ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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कोविड परीक्षण में वृद्धि और टीकाकरण अभियान को प्रोत्साहन देने पर बल दिया है वे आज धर्मशाला में कांगड़ा व चम्बा जिलों में कोरोना मामलों में हो रही वृद्वि को लेकर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत भी बताई

उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकर वन मंत्री राकेश पठानिया और सांसद किशन कपूर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे मेयर शपथ प्रदेश के धर्मशाला पालमपुर व मण्डी नगर निगमों में आज सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई

जबकि भाजपा सहित एक निर्दलीय पार्षद ने शपथ नहीं ली

इस बीच कांग्रेस के नगर निगम चुनाव प्रभारी राजेन्द्र राणा और विधायक हर्षवर्धन चौहान ने प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया है उधर धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई धर्मशाला नगर निगम में ओंकार नेहरिया को सर्वसम्मति से महापौर चुना गया जबकि सर्वचंद गलोटिया उपमहापौर पद के लिए हुए चुनाव में विजयी रहे वहीं पालमपुर नगर निगम में पूनम बाली को महापौर और अनीश नाग को उपमहापौर चयनित किया गया मण्डी नगर निगम में दीपाली जसवाल को महापौर जबकि वीरेन्द्र भट्ट को उपमहापौर पद के लिए चुना गया

गोविंद ठाकुर ने इस दौरान जनसमस्याएं भी सुनीं और क्षेत्र में बिजली की समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले के पालकवाह में आज अस्थायी मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए इस अस्पताल को जल्द क्रियान्वित करने की आवश्यकता है

ये संदेश आकाशवाणी शिमला एफएम शिमला आकाशवाणी हमीरपुर व धर्मशाला सहित सभी रिले केंद्रों से प्रसारित होगा

नवरात्र चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं नवरात्र के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है नवरात्रों के दौरान प्रदेश के शक्तिपीठों सहित सभी मंदिर दर्शनों के लिए खुले रहेंगे हालांकि राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए फेस मास्क पहनकर ही पूजा व दर्शन करने की इजाजत होगी नवरात्रों के दौरान मंदिरों में लंगर भंडारे व जागरण के आयोजन पर पुर्ण प्रतिबंध रहेगा इसके अलावा मंदिर प्रबंधन को सरकार द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है इस बीच नवरात्र के पहले दिन आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हनुमान मंदिर जाखू में पूजा अर्चना की और यहां आयोजित एक बैठक में भाग लिया उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में संजीवनी वाटिका का निर्माण किया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और पौधे लगाए जाएंगे भारद्वाज ने कहा कि श्रद्दालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में हवाघर का निर्माण भी किया जाएगा उधर सोलन स्थित मां शूलिनी के मंदिर में श्रद्दालुओं ने आज कोविड नियमों का पालन करते हुए मां के दर्शन किए

दिनेश रैना ने बताया कि गांव बढ़े तो देश बढ़े के विचार के चलते नाबार्ड द्वारा राज्य में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ ही आदिवासी विकास जलवायू परिवर्तन वॉटरशैड विकास नवीन कृषि क्षेत्र और स्वयं सहायता समूह जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है

एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का सामुदायिक फैलाव न हो इसके लिए जल्द एहतियाती कदम उठाते हुए अस्पतालों में वैंटिलेटर व अन्य आवश्यक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने चाहिएं राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कोरोना के इस संकट काल में अनावश्यक यात्राएं न करने का आग्रह भी किया है उन्होंने अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों की सीमाओं पर रैपिड टैस्टिंग करने की ज़रूरत बताई और कहा कि जनहित से जुड़े किसी भी फैसले पर कांग्रेस पार्टी सरकार को हर संभव सहयोग देगी

इस दौरान वक्ताओं ने प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम और देश की संस्कृति परम्पराओं मूल्यों व भाषाओं के संरक्षण पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व पर विचार विमर्श किया प्रदेश भाषा कला व संस्कृति विभाग के निदेशक सुनील शर्मा ने भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए आंदोलनों पर अपने विचार व्यक्त किए

ठियोग के डीएसपी कुलविंदर सिंह ने बताया कि दुर्घटना में ठियोग निवासी राजेश्वर शर्मा व उनकी दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई जबकि राजेश्वर शर्मा की पत्नी को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रैफर किया गया है